एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ घरेलू पर्यटन रोड शो केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया शुभारंभ

उन्होंने कहा कि सरकार ने न सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्वि की बल्कि अधिक मात्रा में किसानों से उनकी उपज खरीदी है प्रधानमंत्री ने आज मध्यप्रदेश सरकार के किसान कल्याण कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुंचा है ये इस बात का सबूत है कि ये सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य समय समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है कितनी गंभीरता से लेती है श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले छह वर्ष में किसानों के कल्याण के लिए कई उपाय किये हैं किसानों की सहायता के लिए उनके खाते में बड़ी राशि अंतरित की गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को किसान क्रेटिड कार्ड की सुविधा दी जा रही है श्री मोदी ने कहा कि भंडारण सुविधाएं बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है उन्होंने कहा कि किसानों की प्रगति के लिए उन्हें आधुनिक सुविधाएं भी दी जा रही है उन्होंने कहा कि देश के किसान किसानों संगठन कृषि विशेषज्ञ कृषि अर्थशास्त्री कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कृषि सुधार कानून रातों रात नहीं आए किसान महापंचायत भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने कृषि सुधार कानून के समर्थन में आज कबीरधाम के गांधी मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन किया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने केन्द्र सरकार के कृषि सुधार कानून को किसानों के हित में बताया उन्होंने कहा कि यह अधिनियम परिवहन शुल्क कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के अलावा किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें उनकी उपज का बेहतर मुल्य दिलाएगा भाजपा नेताओं ने कहा कि कृषि कानून का उद्देश्य किसानों को कृषि व्यवसाय कंपनियों खुदरा विक्रेताओं निर्यातकों को सेवा और उपज की बिक्री के साथ आधनिक तकनीक तक पहचाने में सक्षम बनाना है इस कानून से छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा उन्होंने कहा कि कृषि कानून को लेकर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि किसानों और जनमानस को कृषि सुधार अधिनियमों की बारीकियों को समझाने और कृषि सुधार अधिनियम के समर्थन में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता और हजारों किसान शामिल हुए किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सालाना छह हजार रूपये जमा किए जा रहे हैं यह राशि दो दो हजार रूपये की तीन किश्तों में दी जा रही है योजना की पहली किश्त अप्रैल से जुलाई दूसरी किश्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किश्त दिसंबर से मार्च महीने के बीच दी जा रही है जो किसान इस योजना के लाभार्थी हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पीएम किसान डॉट जीओवी डॉट इन पर जानकारी ले सकते हैं बिलासपुर जिले में कृषि विभाग के उप संचालक शशांक शिंदे ने बताया कि जिले में योजना के दो लाख चौबीस हजार से अधिक लाभार्थी हैं वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को पीएम किसान पोर्टल में अधिक से अधिक पात्र किसानों का पंजीयन कराने और डाटा सुधार की प्रक्रिया जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं जावड़ेकर नवाचार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नवाचार और नये विचारों को बढ़ावा देना केन्द्र सरकार की प्राथमिकता है राष्ट्रीय विद्यार्थी स्टार्टअप सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हए श्री जावड़ेकर ने कहा कि देशवासी हमेशा नवाचारों का हिस्सा रहे हैं और अब इन नवाचारों को अपनाने का समय है उन्होंने कहा कि नवाचारों के बिना विकास संभव नहीं है श्री जावड़ेकर ने बच्चों में शुरू से ही नवाचारों की सोच विकसित करने पर बल दिया उन्होंने कहा कि केन्द्र में मोदी सरकार आने के साथ ही बच्चों में नवाचार की सोच विकसित करने के लिए विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की शुरूआत की गई श्री जावड़ेकर ने कहा कि अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं से काफी सफलता मिली है और विद्यार्थियों ने अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला ओलंपियाड में नये नये विचार प्रस्तुत किए हैं

इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने नया रायपुर में गुरू घासीदास संग्रहालय और शोध पीठ बनाने की घोषणा की है वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए दो सौ सीटर छात्रावास का निर्माण करने के साथ ही जांच की सुविधा बढाने के लिए शुरू किए जाने वाले डाइग्नोस्टिक सेंटर का नाम मिनीमाता के नाम पर रखा जाएगा इसके अलावा पंथी नृत्य के जाने माने कलाकार स्वर्गीय देवदास बंजारे के नाम पर राज्य स्थापना दिवस पर पंथी नृत्य पुरस्कार भी दिया जाएगा वहीं मुंगेली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरू घासीदास ने नर और नारी में समानता का पाठ पढ़ाया है उन्होंने कहा कि बाबा घासीदास ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है जिसका सबको अनुकरण करना चाहिए इस बीच बलौदाबाजार के गिरौदपुरी में स्थित गुरू घासीदास की जन्मस्थली और तपोभूमि में कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है

साथ ही उन्होंने गुरू घासीदास के छायाचित्र पर प्रष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन भी किया इस मौके पर सुश्री उइके ने कहा कि छत्तीसगढ़ संतों की भूमि रही है राज्यपाल ने कहा कि बाबा घासीदास ने सात दिव्य संदेश दिए थे उन्होंने सभी जीवों को एक समान बताया और सादा जीवन उच्च विचार रखने की प्रेरणा दी इधर राजधानी रायपुर के खमतराई स्थित सतनाम भवन में जोड़ा जैतखाम की पूजा कर दो सौ चौंसठ दीप प्रज्जवलित किए गए वहीं कई जगहों पर प्रभातफेरी निकाली गई साथ ही पंथी नृत्य की प्रस्तृति भी दी गई शहर के न्यू राजेन्द्र नगर स्थित सांस्कृतिक भवन परिसर में सार्वजनिक जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है साथ ही राष्ट्रीय साहित्य संगोष्ठी भी आयोजित की गई उधर बिलासपुर के महंत बाड़ा में सुबह जैतखाम में ध्वज अर्पित किया गया इसके बाद भजन और भंडारे का आयोजन किया गया वहीं गणेश नगर में शोभायात्रा भी निकाली जा रही है

इस रोड शो का आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और छत्तीसगढ तथा गजरात पर्यटन बोर्ड मिलकर कर रहे हैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज रायपुर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया इस मौके पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित थे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्राचीन और आधुनिक दोनों ही विरासत देखने को मिलती है और यह ऐसा प्रदेश है जो पूरे वर्षभर पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है इस प्रदेश में प्राकृतिक और पुरातात्विक स्थलों के साथ ही धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के मद्देनजर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब होटल संचालकों और दूर ऑपरेटर को स्वच्छता संबंधी मापदंडों का विशेष ध्यान रखना चाहिए गौरतलब है कि कोरोना संकट शुरू होने के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा घरेलू पर्यटन रोड शो देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है इसके तहत छत्तीसगढ़ और गुजरात के टूर ऑपरेटर एक स्थान पर मिलकर परस्पर विमर्श कर रहे हैं साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण कराया जा रहा है इस कार्यक्रम में गुजरात के पंद्रह टूर ऑपरेटर्स शामिल हो रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों को देश के विभिन्न राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना भी है

इस दौरान श्री क्लस्ते ने मां दंतेश्वरी देवी के दर्शन किए और देश तथा प्रदेश की ख्शहाली की कामना की इसके बाद इस्पात राज्यमंत्री ने बचेली के किरंदुल में स्थित एनएमडीसी के माइनिंग प्लांट का अवलोकन किया साथ ही उत्पादन की जानकारी ली इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में डीएमएफ मद की राशि का उपयोग बस्तर के बेहतर विकास में किया जाएगा विशेष कार्यक्रम कर संबंधी विवादित मामलों का समाधान करने के लिए आयकर विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना विवाद से विश्वास के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि आगामी तीस दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है इस योजना के तहत विवादित राशि पर कर भुगतान अगले साल इक्कीस मार्च तक किया जा सकता है विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बातचीत की छत्तीसगढ़ के प्रधान आयकर आयुक्त अमरेंद्र कुमार से इस विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण कल उन्नीस दिसंबर को सुबह ग्यारह बजे से आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र द्वारा किया जाएगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे जनसंपर्क प्रदर्शनी राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न जिला मुख्यालयों में छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यो को दर्शाती इस प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना गोधन न्याय योजना मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना बिजली बिल हाफ योजना राम वनगमन पर्यटन परिपथ का विकास वन आश्रितों के कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही दाई दीदी क्लीनिक सार्वभौम पीडीएस और पढ़ई तुंहर दुआर जैसी योजनाओं से संबंधित छायाचित्र शामिल किए गए थे दो दिवसीय इस प्रदर्शनी का आज समापन हुआ मुस्कान अभियान गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए प्रदेश की पुलिस मुस्कान अभियान चला रही है इसी कड़ी में रायगढ़ पुलिस बीते पंद्रह दिनों में अभियान के तहत तेरह नाबालिग बच्चों की तलाश कर उन्हें वापस लाई है इन बच्चों को प्रदेश के रायपुर महासमुंद जशपुर जांजगीर चांपा के अलावा दिल्ली आगरा बैंग्लोर हावड़ा और संबलपुर से बरामद किया गया है ऊर्जा संरक्षण प्रतियोगिता राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा क्रेडा के सहयोग से देशभर में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं इसी कड़ी में महासमुंद जिले के शासकीय और निजी स्कूलों में भी ऑनलाइन माध्यम से छात्रों के लिए चित्रकारी और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है प्रतियोगी इकतीस दिसंबर तक व्हाट्सअप या ई मेल के माध्यम से चित्र और स्लोगन भेज सकते हैं प्रतियोगिता के लिए दो समूह बनाए गए हैं एक समूह में पांचवीं से दसवीं तक के छात्र वहीं दूसरे समूह में नवमीं से बारहवीं तक के छात्रों को शामिल किया गया है स्पर्धा में पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा मौसम प्रदेश में इन दिनों उत्तर पूर्व दिशा से ठंडी और शुष्क हवा आ रही है जिसके कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के अनुसार आगामी इक्कीस दिसंबर तक तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है इसके साथ ही प्रदेश के उत्तरी भाग में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की भी संभावना है संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में शहीद वीरनारायण सिंह के तैलचित्र का अनावरण किया बस्तर के मूर्धन्य साहित्यकार लाला जगदलपुरी के जन्मदिवस के अवसर पर कल जगदलपुर में तीन दिवसीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया इस मौके पर नवनिर्मित टाउन हॉल भवन का लोकार्पण भी किया गया

कांकेर जिले में बीते दिनों हुए मारपीट के मामले में अपराध दर्ज नहीं किए जाने की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने चारामा थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है

वहीं वाहन मालिकों पर डेढ़ लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है